सरकार ने टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज की

तीन लाख टीके का हो सकेगा भंडारण

अब तक दो लाख उनचास हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

केन्द्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से दस दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी

ईयूके के दस दिन के भीतर हम उसकों यू ए का अर्थ है इमरजैंसी यूज आथोराइजेशन ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ आठ नये मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ उनतालीस मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं औरंगाबाद से पचपन बेगूसराय से तेईस और सारण जिले से उन्नीस नये मामलों की पुष्टि हुई है अभी चार हजार एक सौ छप्पन मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनचास हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुल इक्कीस हजार तीन सौ चौदह मरीज ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर निन्यानवे लाख संतानवे हजार दो सौ बहत्तर हो गई है संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल दो दशमलव एक नौ प्रतिशत सक्रिय मामले शेष बचे है फिलहाल देश में करीब दो लाख सत्ताईस हजार सक्रिय मामले हैं वैक्सीन के बारे में आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक हजार छह सौ लोगों का इम्युनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन स्ररक्षित है

तो ये तो बहत ही अहम बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी

ये एमरजेसी ऑथॉराइजेशन ये कहना है कि दोनों वैक्सीन्स में एमरजेसी में यूज कर सकते हैं इसमें जो भारत बायोटैक वाला वेक्सीन है वो क्लीकल ट्रायल अमी चलता रहेगा केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिये राज्यों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये हैं पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश और केरल की सरकारों को सुझाव दिया है कि वे बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए नई दिल्ली में स्थापित नियंत्रण कक्ष से बराबर संपर्क में रहें विधान परिषद् की दो सीटों पर अठाईस जनवरी को उप चुनाव कराये जायेंगे ये सीटें भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं गौरतलब है कि श्री मोदी राज्यसभा के लिये चुने गये हैं जबकि विनोद नारायण झा हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने के बाद परिषद् की सदस्यता से इस्तीफा दे च्रके हैं आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार ग्यारह जनवरी को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी प्रत्याशी अठारह जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं वहीं उन्नीस जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी प्रत्याशी इक्कीस जनवरी तक नाम वापस ले सकते हैं आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन ही वोटों की गिनती शाम पांच बजे से शुरू हो जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिये कड़े कदम उठाने को कहा है मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था को लेकर पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं के लिये संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को जिम्मेदार माना जायेगा उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपराध की घटनाओं पर अंकुश के लिये त्वरित कार्रवाई करें और दोषियों को जल्द सजा दिलवायें

पटना में आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा को राज्य मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद और विधान परिषद् में एक सीट दिलाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया इसके अलावा पार्टी ने निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास को शक्ति सिंह गोहिल के स्थान पर बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है श्री गोहिल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये कांग्रेस अध्यक्ष को बिहार प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने पार्टी में टूट का दावा किया है पूर्व विधायक श्री सिंह ने कहा है कि पार्टी के ग्यारह विधायक टूटकर एनडीए में शामिल होने को तैयार हैं उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी की तरह वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं इधर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि भरत सिंह ने सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिये यह झूठा दावा किया है उन्होंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा ने मसौढ़ी थाना के दारोगा और तीन एएसआई को अवैध वसुली के मामले में निलंबित कर दिया है चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं गौरतलब है कि मसौढ़ी थाना के चारों पुलिस कर्मियों का राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध वसूली करते वीडियो वायरल हुआ था जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की गयी है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के नीलाम पत्र कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक बिन्देश्वरी सदा को पचास हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तारी कर्मी एक नीलाम पत्र वाद के मामले में दस्तावेज सत्यापन के एवज में घूस ले रहा था टीम ने पूछताछ के बाद आरोपी को भागलपुर न्यायालय में पेश किया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर बक्सर जहानाबाद पटना मुंगेर पूर्णिया और गया जिले में हल्की बारिश हुई है बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने कहा कि कल से राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है

राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि जमीन संबंधित कागजात सहित उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं किसानों को सुगमतापूर्वक मिल सके यह सुनिश्चित किया जायेगा श्री राय ने आज सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस वर्ष मार्च तक किसान सर्वे और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑफलाईन उपलब्ध होंगे पश्चिमी चंपारण जिले में अज्ञात अपराधियों ने आज बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलपुरवा इलाके में एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मी से लगभग दो लाख रूपये लूट लिये समस्तीपुर जिले में बंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर प्रलिस ने एक ट्रक से तीन सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है कटिहार के डीआईजी सुरेश चौधरी ने अपराध नियंत्रण और शराब तस्करी पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों को कड़े कदम उठाने को कहा है उन्होंने सीमांचल बंगाल और झारखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त तेज करने के निर्देश दिये दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये शेखपुरा जिले में कार्य योजना तैयार की गयी है इसके अंतर्गत शेखपुरा सदर प्रखंड और घाटकुसुम्भा प्रखंड के चार चार पंचायतों के किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा मूजफ्फरपूर जिले में कालाजार की स्थिति का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों की एक टीम दौरा कर रही है इसका नेतृत्व डॉक्टर बीके रैना कर रहे हैं यह टीम तीन दिन तक विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेगी जिले में अब तक कालाजार के एक सौ उनहत्तर मरीज मिले हैं बक्सर के पहले सांसद और डुमरांव रियासत के दिवंगत महाराज कमल बहादुर सिंह को आज उनकी पहली प्रण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर बक्सर में आयोजित सभा में विधायक संजय तिवारी विश्वनाथ राय और पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने श्रद्धांजलि अर्पित की राज्य मानवाधिकार आयोग ने आशा कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करने पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है इस संबंध में सिविल सर्जन को छह हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा गया है बेगूसराय जिले में औषधि निरीक्षक कार्यालय में सहायक के रूप में कार्यरत अरविंद कुमार पांडेय को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है उस पर वर्ष दो हजार पांच में एक नर्स की हत्या का आरोप है

सरकार ने टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज की

तीन लाख टीके का हो सकेगा भंडारण

अब तक दो लाख उनचास हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात